इस आयोजन के सिलसिले में तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं श्री योगी ने कल शाम इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वृह्द आयोजन के दौरान श्रद्वालुओं को सभी मूलभूत सुविघायें मुहैया कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं होने देगी उन्होंने बताया कि क्म के तहत छह सौ तैंतालीस परियोजनाए विन्हित की गई हैं जिनमें से बानबे परियोजनाए तकरीबन पूरी हो चुकी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कुंम से संबंधित समी स्थायी निर्माण कार्य अगले महीने की बीस तारीख़ तक पूरा कर लिये जाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ दो हजार उन्नीस में पहली बार श्रद्वालुओं को अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन की सुविधा मिलेगी उन्होंने घोषणा की कि कुंभ के दौरान किसी तरह का सरचार्ज नहीं लिया जायेगा श्री योगी ने कहा कृम में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से प्रत्येक गांव से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है इसके अलावा एक सौ बानवे देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ताकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस आयोजन का प्रचार प्रसार प्री दुनिया में हो सके इससे पूर्व राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में कुंभ मेला मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई जिसमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के सुझाव पर बोलते हुए श्री नाईक ने कहा कि नामकरण से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की अगामी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा गुहमंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ समय बिताने के लिए गुरूवार को राजस्थान के बीकानेर शहर जाएंगे वह शस्त्र पूजा कर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री पाकिस्तान के साथ लगी संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ त्यौहार मनाएगा श्री सिंह बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन भी करेंगे पिछले साल गृहमंत्री उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर दशहरा समारोह में शामिल हुए थे जम्मू कश्मीर में श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शन हेतु कटरा आने वाले श्रद्वालुओं के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर पांच लाख रुपयें करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

श्री मलिक श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं सोनमद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से परियोजना की तीनों इकाइयों को बंद कर दिया गया है

सूचना मिलते ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल के अग्निशमन दस्तो सहित आसपास की फ़ायर ब्रिगेड टीमें पहुंच गई जिन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया है लेकिन भूमिगत केबिल गैलरी में लगी आग को बुझाने के लिए वाराणसी से अग्निशमन दल की विशेष टीम बुला ली गई है केविलों के जलने से निकल रही जहरीली गैस भी राहत कामों में रोड़ा बनी हुई है इस अग्निकांड से तापीय परियोजना को करोड़ों रूपये का नुकसान होने की संभावना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है यह द्धटना कल शाम ऊंचाहार इलाके के मदारीप्र नहर के पास उस समय हई जब एक तेज़ रफ़्तार बस ने सामने से आ रही पिकप को जोरदार टक्कर मार दी जिससे सात लोगों की मौत हो गई और पच्चीस से अधिक लोग घायल हो गये शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन आज प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वालु माँ दुर्गा के पाचवें स्वरूप माँ स्कन्द माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं विन्ध्याचल धाम में माँ विन्ध्यवासिनी और बलरामपूर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में लोगों का तांता लगा हुआ है सीतापुर के नैमिषारण्य में भी माँ ललिता देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है पौराणिक और अध्यात्मिक महत्व की इस शक्तिपीठ में नेपाल भूटान बाग्लादेश और श्रीलंका से भी श्रद्वालु आते हैं राज्य के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नवरात्रि के दौरान प्रदेश के सभी बावन शक्ति पीठों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जाये